मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन और कोविड टीके को बर्बाद होने से हर हाल में बचाया जाना चाहिए वर्चुअल माध्यम से कल प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति तीन सौ मीट्रिक टन से बढ़ाकर आठ सौ तैंतालीस मीट्रिक टन कर दी गयी है उन्होंने कहा कि सात संस्थाओं के माध्यम से ऑक्सीजन ऑडिट किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने प्रतिदिन ढाई से तीन लाख कोविड नमूनों की जांच की क्षमता विकसित कर ली है उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में एल वन की सुविधा वाले एक लाख सोलह हजार और एल टू व एल थ्री सुविधा वाले लगभग पचहत्तर हजार बेड उपलब्ध हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आशिक कोरोना कर्फ्यू लागू है लेकिन आवश्यक सेवाए और औद्योगिक गतिविधियां सुवारू ढंग से चल रही हैं उन्होंने प्रदेश भर में स्वच्छता सैनिटाइजेशन और फॉगिंग निरन्तर जारी रखने के निर्देश दिये

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उठाए गए कई कदमों के बाद अब सरकार ने यह एक और छूट दी है जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी गई है उन्हें घर से ही काम करना होगा कनटेनमेंट जोन में निवास करने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को भी तब तक कार्यालय आने की छूट दी गई है जब तक उस क्षेत्र को कनटेनमेंट जोन से बाहर अधिसुचित नहीं कर दिया जाता आदेश में कहा गया है कि कार्यालय आने वाले सनी अधिकारियों को मास्क पहनने सुरक्षित दूरी बनाए रखने सैनिटाइजर का उपयोग करने और साबुन तथा पानी से लगातार हाथ धोने सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करना चाहिए प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है

प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से जारी है

इस बीच प्रदेश सरकार ने जनपदों से प्रतिदिन आरटी पीसीआर जांच के लिए मेजे जाने वाले नमूनों का लक्ष्य बढ़ाकर एक लाख तीन हजार पांच सौ कर दिया है

प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है

पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि यह दावा बेबुनियाद है

रायबरेली जिले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल बहादुर कोरी का आज कोरोना संक्रमण से निधन हो गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया उन्होंने कहा कि दलितों पिछड़ों गरीवों और किसानों के उत्थान के लिये सदैव प्रयासरत रहने वाले श्री दल बहादुर कोरी का निधन भाजपा और समाज के लिये अपूरणीय क्षति है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें पत्रकारिता जगत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है